इसके बाद नई सरकार के गठन के बारे में फैसला किया जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहुंची आस्ट्रेलिया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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि समूची मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत है आयुर्वेद दिवस के अवसर पर दो अत्याध्रनिक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण कर श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह बात बड़े प्रसन्नता की है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है ये संस्थान हैं गुजरात के जामनगर में आयूर्वेद अध्ययन और अनुसंधान संस्थान और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयूर्वेद संस्थान उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्धति को वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेद के ज्ञान को ग्रंथों शास्त्रों और नुस्खों के दायरे से बाहर निकाला जाना चाहिए और इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार आयुर्वेद का पाठ्यक्रम तैयार करेंगे उन्होंने शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी आग्रह किया कि वे आयुर्वेद भौतिकी और आयुर्वेद रसायन शास्त्र जैसी शाखाओं में भी शिक्षण प्रशिक्षण की संभावनाओं का पता लगाएं श्री मोदी ने स्टार्ट अप उद्यमों और निजी क्षेत्रों से भी आग्रह किया कि वे वैश्विक रूझानों और मांग का अध्ययन कर आयुर्वेद के क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करें आयुष मंत्री श्री पदनाईक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपानी इस अवसर पर उपस्थित थे बिहार में एनडीए विधायक दल के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक दो दिनों बाद पंद्रह नवम्बर को पटना में होगी इस बैठक में नई सरकार के गठन के बारे में फैसला किया जाएगा आज पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चारों घटक दलों के नेताओं की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की

उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक आज आयोजित कर विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाएगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास पर आयोजित एनडीए की पहली बैठक में आज सभी चार घटक दलों जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के नेताओं ने भाग लिया इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा था कि बैठक में सरकार के गठन से संबंधित हर पहलू पर चर्चा की जाएगी केंद्र सरकार की लगभग डेढ़ सौ करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली अलग अलग पुल पुलिया और सड़कों का निर्माण खूंटी क्षेत्र में होगा

सभा को सबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के माध्यम से खूंटी जिले के विकास के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी झारखंड राज्य प्रद्षण नियंत्रण पर्षद ने रांची समेत चौदह जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता स्तर को थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में शामिल करते हुए दीपावली के दिन सिर्फ दो घंटे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है

राज्य के जिन जिलों के शहरी क्षेत्रों को थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में रखा गया है उनमें रांची रामगढ़ बोकारो पलाम पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावा हजारीबाग गिरिडीह धनबाद देवघर गोड़डा पाकड़ और साहेबगंज शामिल है

उन्होंने बताया कि राज्य में दीपावली के अलावा छठ किसमस और नववर्ष समेत अन्य त्योहारों के समय पटाखे मात्र दो घंटे तक ही चलाये जा सकेंगे

यह ट्रेन पंद्रह नवंबर से तीस नवंबर के बीच शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी इस ट्रेन में कुल चौदह कोच होंगी वापसी में सासाराम आने वाली स्पेशल ट्रेन सोलह नवंबर से एक दिसंबर तक रविवार को छोड़कर सप्ताह के प्रतिदिन चलेगी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रांची के मेडिका अस्पताल के चिकित्सकों से परामर्श ले रहे हैं

कोरोना काल में वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी पश्चिमी सिंहभूम जिला वनाधिकार अधिनियम के तहत वन पट्टा वितरण करने के मामले में राज्य में अव्वल बना हुआ है संख्या के हिसाब से राज्य के किसी अन्य जिले की अपेक्षा वन पट्टा वितरण मामले में सबसे ज्यादा लाभ पश्चिमी सिंहभूम जिला के लोगों को मिला है पष्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि बड़े पैमाने पर वन पट्टे वितरित किए जाने के बावजूद अभी भी जिले को सुद्रवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग अपने इस अधिकार से वंचित हैं इन सभी लोगों को लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है

रामगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन कर धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर नगर परिषद रामगढ़ द्वारा आवास योजना के शहरी चतुर्थ घटक के अंतर्गत बने आवासों का गृह प्रवेश किया गया

इस दौरान संबंधित क्षेत्र के वार्ड पार्षद नगर प्रबंधक प्रीतम कुमार सिंह समेत आवास योजना से संबंधित अन्य सदस्य उपस्थित थे जामताड़ा जिले में पर्व त्योहारों के इस माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के कथन से प्रभावित होकर जामताड़ा जिले के लोग स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की खरीदारी प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं विद्युत सज्जा के विदेशी उपकरणों की जगह मिट्टी के दीए सहित अन्य सामानों के प्रति लोगों में विशेष रूचि दिख रही है जामताड़ा शहर के कई हिस्सों में लगे अस्थाई बाजारों में लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां सहित पूजन सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं स्थानीय स्तर पर उत्पादित सामानों के प्रति लोगों में रुचि को लेकर दुकानदारों में भी खुश हैं वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर लोग सामाजिक दूरी मास्क का प्रयोग सहित अन्य आवष्यक सुझावों पर अमल कर रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिष्ट्पुर स्थित प्रांगण में तीन दिवसीय दीप मेला का आयोजन किया गया है

इस बार मेला की विशेष बात यह है कि चीन से भारत के संबंध खटास होने के कारण और प्रधानमंत्री द्वारा वोकल फॉर लोकल के आह्वान के कारण स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री हो रही है यहां स्थानीय कुम्हार और लघु उद्यमियों को एक मंच प्रदान किया गया है भारतीय क्रिकेट टीम बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आस्ट्रेलिया पहुंच गई है दो महीने के इस दौरे में मेजबान आस्ट्रेलिया से तीन ट्वेंटी ट्वेंटी तीन एकदिवसीय और चार टेस्ट मैच खेले जाएंगे

राज्य समेंत देशभर में आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है कल दीपो का त्यौहार दीपावली मनायी जाएगी धनतेरस के साथ ही पांच दिन के दीपोत्सव की शुरूआत हो जाती है कार्तिक मास के कृ ष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरि की पूजा अर्चना की जाती है मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरि एक रत्न के रूप में समुद्र मंथन से बाहर आए थे धनतेरस के शुभ अवसर पर धनवंतरि के साथ भगवान गणेश माता लक्ष्मी और कुंबेर जी की आराधना भी की जाती है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं श्री मोदी ने कामना की है कि भगवान धनवन्तरी सबके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लाएं हजारीबाग जिले में लोग हर्षोल्लास के साथ अरोग्य के देवता धनवंतरी और समृद्धि के देवता श्रीलक्ष्मी गणेश की पूजा की तैयारी में जुटे हैं